विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लोग हिंसा और नफरत की राजनीति को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनन्त कुमार ने मीडिया को यह जानकारी दी श्री कुमार ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी की विजय विचारधारा की जीत है श्री मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा है कि वे देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ा परिश्रम करे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर प्रतिपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस टीएमसी तेलगुदेशम् पार्टी सहित अन्य दलों के सदस्य अपनी अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये यह सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्तीय अनियमित्ताओं सहित कई अन्य मुद्दे उठा रहे थे लगातार व्यवधान और हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी कई राजनीतिक दलों ने आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किये कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने पार्टी प्रमुख राहुल गांधी की अगुवाई में पीएनबी घोटाले तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों में हेराफेरी के खिलाफ प्रदर्शन किया सांसदों ने सरकार के विरोध में नारे लगाये और हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत वापस लाने की मांग दोहराई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटेगी विधानसभा में आज श्री योगी ने राज्यपाल राम नाईक के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि दश विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सरकार देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए कटिबद्ध है उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का पर्याय बनी हुई है और यह उपलब्धि पार्टी ने अपनी विचार धारा मूल्यों सिद्धांतों और विकास एवं सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर हासिल की है विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया और गरीबों पिछड़ों महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित रही है पूर्ववर्ती सरकारों की कड़ी आलोचना करते हए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी की सरकारों ने केवल विकास का पाखंड किया है पिछले दिनों विभिन्न अवसरों पर अयोध्या मथुरा चित्रकूट और वाराणसी के अपने दौरों का उल्लेख करते हुए श्री योगो ने कहा कि सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए संकल्पबद्ध है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की वर्तमान स्थिति को दस गुना और बढ़ाया जा सकता है उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ईको और हेरिटेज पर्यटन की भी अपार संभावनाएं है अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से ई आफिस व्यवस्था से सभी कार्यालयों को जोड़ने का लक्ष्य है पुलिस मुठभेड़ों में अपराधियों के मारे जाने की चर्चा करते हुए उन्होनें कहा कि एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है और यदि कोई पुलिस पर गोली चलायेगा तो उसे जवाब मिलेगा उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस को जवाबदेह बनाया जा रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि जितने भी भू माफियाओं के खिलाफ राज्य में कार्रवाई हुई है उनमें से अधिकांश समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए है श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार से वहीं लोग परेशान है जो लूटखसोट और दंगा फसाद कराने की गतिविधियों में शामिल रहे हैं श्री योगी ने राज्य में हो रहे दो संसदीय उप चुनावों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तालमेल की भी आलोचना की इसके पूर्व सदन में विपक्ष के नेता राम गोविन्द चौधरी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल राम नाईक का अभिभाषण त्रुटिपूर्ण तथ्यहीन और समस्याओं की अनदेखी करने वाला था उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास का खोखला नाटक कर रही है

उन्होंने सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का विकास का दावा खोखला है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर देश को बांटने की साजिश करने का आरोप लगाया बाद में सदन में सभी संशोधन प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया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

सरकार ने कहा है कि पिछले कैलेंडर वर्ष में महिलाओं के विरूद्ध अपराध में शामिल अड़तालीस हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है प्रश्नकाल के दारान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कृत संकल्प है उन्होंने कहा कि डकैती हत्या फिरौती महिलाओं के विरूद्व हिंसा जैसे सभी मामला में सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है उन्होंने यूपी कोका विधेयक का विपक्ष द्वारा विरोध किये जाने की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष अपराधियों को संरक्षण दे रहा है उन्होंने कहा कि सभी आपराधिक घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हिदायत दी गई है और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भी सरकार कृत संकल्प है उन्होंने विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि हो सकता है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में कुछ वृद्धि हुई हो लेकिन सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्प है विधानसभा में आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सदन से बहिर्गमन किया प्रश्नकाल के दौरान अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के सरकार के दावों से असहमति व्यक्त करते हुए विपक्ष के नेता राम गोविन्द चौधरी समाजवादी पार्टी सदस्यों के साथ सदन से उठ कर बाहर चले गये बाद में बहुजन समाज पार्टी के नेता लालजी वर्मा और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू भी सरकार पर कानून व्यवस्था बनाये रखने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए सदन से उठकर बाहर चले गये प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रामा सेन्टर खोलने और वहां बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है विधानसभा में आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टण्डन गोपाल ने पूरक प्रश्नों का जवाब देत हुए बताया कि ट्रामा चिकित्सा के अध्ययन अध्यापन के लिए भी भारतीय चिकित्सा परिषद से विचार विमर्श किया जायेगा उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में चालीस बिस्तरों का ट्रामा सेन्टर काम करना शुरू कर देगा

श्री टण्डन ने बताया कि मेरठ आगरा गोरखपुर और इलाहाबाद मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशिलिटी वार्ड शुरू किये जाने की प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही कानपुर और झांसी में भी यह वार्ड खोले जायेंगे इनमें दो सौ बिस्तरों की सुविधा होगी प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बताया कि सरकार ने शिक्षा मित्रों को मानदेय उपलब्ध कराने के लिए बाईस करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है और इनमें से नौ करोड़ रूपये जारी किये जा चुके हैं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्रीमती जायसवाल ने बताया कि बच्चों में कुपोषण की स्थिति नियंत्रित करने के लिए उन्तालीस जनपदों में विशेष अभियान चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अन्त तक कुपोषण की स्थिति में दो प्रतिशत की कमी लाने के लिए बाल विकास पंचायती राज ग्राम्य विकास खाद्य एवं रसद विभाग और चिकित्सा विभाग ने मिलकर विशेष कार्यक्रम तैयार किये हैं जो चुने हुए जिलों में लागू किये जायेंगे उन्होंने कहा कि बच्चों में कुपोषण की स्थिति को ध्यान में रखकर उन्हें प्रोटीन युक्त पुष्टाहार उपलब्ध कराने के लिए व्यजंन बनाने की तीन विधियों को स्वीकृति प्रदान की है मेरठ में स्पेशल टास्क फोर्स ने तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफ़ाश किया है कल देर शाम एसटीएफ टीम ने टीपी नगर थाना क्षेत्र के पुट्ठा गांव में तीन गोदामों पर छापा मार कर बड़ी मात्रा में डीजल पेट्रोल कैरोसिन और एथलोन के साथ साथ नौ रिफ्यूलिंग पम्प टैंकरों की डुप्लीकेट चाभिया बरामद की हैं एसटीएफ प्रभारी पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि तेल की बरामदगी के साथ साथ सोलह लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनके कब्ज से तकरीबन पांच लाख रूपये की नकदी भी मिली है उन्होंने बताया कि यह तेल माफिया इंडियन ऑयल डिपों से तेल लेकर पेट्रोल पम्पों पर जाने वाले टैंकर चालकों की मिली भगत से डीज़ल पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ चुराया करते थे भारतोय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंशी ने कहा है कि देश के नवयुवक राजनीति की छवि को बदलना चाहते हैं वह आज बस्ती में मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार सूजन की दिशा में उठाये जा रहे कदमों से युवाओं में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रति विश्वास बढ़ा है बेरोजगारी के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में उन्हाने कहा कि इसके लिए देश में कई दशकों से शासन कर रही पार्टी जिम्मेदार है